प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल में भी इसी चरण में वोट डाले जायेंगे

सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम त्रिपाठी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे इससे पहले अभी शहर के बीटीआई ग्राउण्ड पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जिले के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया सतना विधायक सिद्वार्थ कशवाहा और चित्रकट विधायक नीलांश चतुर्वेदी भी मौजूद हैं वहीं टीकमगढ में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी वीरेन्द्र कुमार खटीक ने अपना नामांकन दाखिल किया उधर जबलपुर सहित प्रदेश के छह लोकसभा क्षेत्रों में कल नाम वापसी का अंतिम दिन था जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया अब उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जायेगी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को छोड़कर बाकी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे

च्नावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं लगेगी उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आज अंतरिम आदेश जारी किया है न्यायालय ने कहा है कि ऐसे सभी दल जिनको चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है वो चुनावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं

एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है याचिका में इस योजना की वैधता को चुनौती देते हुए यह आग्रह किया गया था कि या तो चुनावी बाँड को जारी करने से रोक दिया जाए या चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष जनवरी में चुनावी बाँड योजना की अधिसूचना जारी की थी इस योजना के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक अथवा भारतीय या भारत में स्थापित कपनी राजनैतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बाँड खरीद सकते हैं मतदाता जागरुकता प्रदेश में चार चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन दिनों लगभग हर जिले में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वीप गतिविधियों के तहत कल जिले के सोयलकला के शासकीय महाविद्यालय में लघ् फिल्म के जरिए विद्यार्थियों को मतदान करने का तरीका बताया गया साथ ही ये भी समझाया गया कि उनका मत कितना महत्वपूर्ण है इस मौके पर मतदाताओं को मतदाता हेल्पलाइन एक नौ पांच शन्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई उधर बैतुल जिले में भी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा शहर के व्यस्ततम इलाके नेहरू पार्क चौपाटी के पास मतदाता जागरुकता को लेकर नुक्कड़ नाटक ईवीएम के संचालन और लघु फिल्म के जरिए लोगों को मतदान के प्रति लोगों को जागरुक किया जा रहा है वहीं टीकमगढ़ जिले में सामाजिक एवं न्याय विभाग और कथा पथक दल की टीम द्वारा लगातार जिले में मतदाताओं को जागरुक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बुरहानपुर जिले में भी शहरों के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा लोगों की भ्रान्तियों को भी दूर किया जा रहा है उधर राजगढ़ में गरबा महोत्सव के जरिए मतदान का संदेश दिया गया कवि निधन जाने माने हास्य कवि प्रदीप चौबे का लम्बी बीमारी के बाद कल ग्वालियर में निधन हो गया है

प्रदीप चौबे अपनी कविताओं में चूटीले व्यंग्य के लिए जाने जाते थे बीती रात हदयघात के बाद उन्हें चिकित्सालय ले जाया गया था कुछ दिन पूर्व ही भोपाल में उनके एक बेटे का निधन हुआ था जिससे वह सदमे में चल रहे थे संक्षिप्त समाचार होशंगाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने होशंगाबाद इलेक्शन एप लॉच किया इस एप में निर्वाचन कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों के फोन नंबर और जानकारियां उपलब्ध हैं

आगर मालवा जिले में पल्स पोलियो अभियान में लापरवाही बरतने पर सोयतकलां स्वाथ्य केन्द्र के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है वहीं चिकित्सा अधिकारी और वैक्सीन प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है